उन्होंने इन्वेस्टर मीट में पूरे विश्व के निवेशकों और व्यापार संघों को आमंत्रित किए जाने को राज्य सरकार की अनूठी और अनुकरणीय पहल भी बताया

वी मुरलीधरण ने कहा कि इस इन्वेस्टर मीट से राज्य में पर्यटन को नए पंख लगेंगे उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास रंग लाएंगे और हिमाचल वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में दुनिया के मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को मूर्त रूप दिया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर अधोसरंचना सुनिश्चित की गई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश में रज्जू मार्ग परियोजनाओं को लागू करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने यह आग्रह आज दिल्ली में नितिन गडकरी के साथ एक भेंट में किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहरों में सड़कों पर बढ़ते दबाव को कम करने और जनजातीय क्षेत्रों और ऊंचे दर्रो में सुगम परिवहन के लिए रज्जू मार्गो के उपयोग का निर्णय लिया है इसके लिए सरकार ने रोप वे एण्ड रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया है इसके माध्यम से राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन समस्या को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बाद उत्तरप्रदेश और पंजाब में भी प्राकृतिक खेती को लेकर शुरूआत हो रही है राज्यपाल आज शिमला स्थित राजभवन में उनसे मिलने आए कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा और पदम श्री सुभाष पालेकर से बातचीत कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि किसानों के आय के साधनों को बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए किसानों के खाद व कीटनाशकों पर खर्चों को कम करना जरूरी है कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि विभाग शीघ्र अच्छा बाजार उपलब्ध करवाएगा राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बहुराष्ट्रीय स्की रिजॉर्ट जैसी कंपनियों के प्रदेश में बड़े होटल बनाने के करार पर चिंता जताई है राठौर ने आज शिमला में कहा कि इस तरह के करार प्रदेश के छोटे होटल कारोबार को चौपट कर सकते हैं राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी संस्थान से कंपनी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से पूर्व प्रदेश हितों का पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के खिलाफ नहीं है लेकिन इसके आबंटन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और न ही प्रदेश हितों से खिलवाड़ होना चाहिए दुर्घटना कुल्लू जिला के बंजार उपलमंडल के गुसैणी गांव के पास आज सुबह एक कार के गहरी खाई में गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए डीएसपी कुल्लू आशीष शर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान बुद्धि सिंह और गोविंद के रूप में हुई है दोनों घायलों को बंजार अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है मौसम प्रदेश में अभी तक धीमी चल रही मॉनसून में आने वाले दिनों में तेजी आने का अनुमान है

विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में मॉनसून की वर्षा संबंधी गतिविधियों में तेजी आएगी